स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को फिर से महत्व दिया जाएगा और पंचायतों को और शक्तिशाली बनाया जाएगा महासमुंद जिले की पुलिस ने तलाशी के दौरान एक कार से करीब ग्यारह करोड़ रूपये नगद बरामद किए इस मामले में एक महिला सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया गया माघ पूर्णिमा के मौके पर आज से राजिम में माघी पुन्नी मेला शुरू हो रहा है आज सुबह से सैकड़ों श्रद्वालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की ड्बकी लगाई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 श्री मोदी ने कहा कि जातिगत भेदभाव सामाजिक सौहार्द में एक बाधा है वाराणसी में गुरू रविदास की जन्मस्थली क्षेत्र में विकास परियोजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को जाति धर्म और अन्य कारकों से ऊपर उठकर सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए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 सरकार स्टार्टअप केंद्र सरकार ने आज स्टार्टअप की परिभाषा को सरल बनाया है तथा अब वे पच्चीस करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त कर सकते हैं इससे पहले स्टार्टअप कम्पनियां तभी कर में छूट प्राप्त कर सकती थीं जब एंजल निवेशकों सहित कुल निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी मंजूरी दी है छूट प्राप्त करने के लिए पात्र एंजल कम्पनियों को औद्योगिक तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में हस्तांक्षरित स्वघोषणा पत्र दायर करना होगा मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी कम्पनियां निगमीकरण और पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक स्टार्टअप मानी जा सकती हैं पहले यह अवधि सात वर्ष थी इसी तरह एक वित्त वर्ष में एक सौ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कम्पनियों को स्टार्टअप माना जाएगा पहले यह रकम पच्चीस करोड़ रुपये थी निर्वाचन आयोग एसएमएस केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की मदद के लिए समय समय पर अभिनव प्रयास किए जाते रहे हैं इस कड़ी में लोकसभा चुनाव से पूर्व आम मतदाताओं के लिए शार्ट मैसेज सर्विस एसएमएस की सुविधा शुरू की गई है इसके तहत मतदाता अपनी मतदाता सूची से संबंधित जानकारियां सिर्फ एक एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं आयोग की यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है इसके तहत मतदाता अपने मोबाइल नंबर से आयोग के नंबर एक नौ पांच शून्य में निःशुल्क एसएमएस कर अपने निर्वाचन क्षेत्र मतदान केंद्र मतदाता सूची में अपने सरल क्रमांक के साथ ही बूथ लेवल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं मतदाता यह जानकारी हिन्दी अंग्रेजी अथवा स्थानीय भाषा में प्राप्त कर सकते हैं विधानसभा समाचार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को फिर से महत्व दिया जाएगा और पंचायतों को फिर से शक्तिशाली बनाया जाएगा आज विधानसभा में अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून के तहत गांवों को जो शक्तियां प्राप्त है सरकार उसका पूरा पालन करेगी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए राज्य सरकार जल्द ही यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने जा रही है जिसके तहत सभी को मुफ्त में बेहतर इलाज की सुविधा दी जाएगी श्रोता विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा आकाशवाणी रायपुर से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित की जाएगी इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे महासमुंद नोट बरामद महासमुंद जिले की पुलिस ने तलाशी के दौरान एक कार से करीब ग्यारह करोड़ रूपये नगद बरामद किए हैं इन रूपयों के साथ एक महिला सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा के कटक जिले से एक कार में सवार होकर बनवारी जाट मोहम्मद इब रहीम प्रहलाद बघेल और नजमा इब्राहिम आगरा की ओर जा रहे थे इस दौरान जिले की खल्लारी थाना पुलिस ने संदेह के आधार पर कार रोककर तलाशी ली जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी के पीछे वाली सीट में छिपाकर रखे गए दस करोड़ नब्बे लाख रूपये बरामद किए मुख्यमंत्री दामाखेड़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कबीरपंथ का प्रदेश के जन जीवन में व्यापक प्रभाव है इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग शांतिप्रिय है कल बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दामाखेड़ा में माघ मेला के अवसर पर आयोजित सदगुरू कबीर संत समागम समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दामाखेड़ा के संपूर्ण विकास के लिए वचनबद्ध है उन्होंने बताया कि सरकार ने दामाखेड़ा के विकास कार्यों के लिए बजट में अलग से पांच करोड़ रूपये का प्रावधान किया है इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि दामाखेड़ा मेला में देश विदेश के लोग एकत्र होते हैं और यह कबीरपंथियों की आस्था का एक प्रमुख केन्द्र है

कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भाजपा के प्रदेश मंत्री अनुराग सिंहदेव ने प्रदेश के मंडल अध्यक्षों और जिला महामंत्रियों से टेली कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की उन्होंने बताया कि राजनांदगांव सरगुजा रायपुर बिलासपुर सहित सभी लोकसभा क्षेत्र में मन की बात आयोजन में कार्यकर्ता जुटेंगे वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री तरूण चुग ने कहा है कि भारत के मन की बात कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आम लोगों तक जाएंगे इसके लिए तीन सौ रथ निकाले जा रहे हैं जो पांच करोड़ लोगों से सुझाव लेंगे अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चुग ने बताया कि पार्टी ने इस बार सुझाव लेने सौ फोकस ग्रुप बनाए हैं ये सभी सुझाव तीन मार्च को पहुंचेगे कांग्रेस नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में अलग अलग टीमों का गठन कर उनकी सूची जारी कर दी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लोकसभा चुनाव के लिए जिलेवार प्रभारी पदाधिकारियों विधिक दल शक्ति दल और प्रशिक्षण दल का गठन किया गया है तबादला राज्य सरकार ने बीती रात पुलिस अधीक्षक रायपुर सहित दस आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है साथ ही उनतीस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं एसआईबी में पदस्थ शेख आरिफ हसैन को राजधानी रायपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है वहीं नीथू कमल को बलौदाबाजार पारूल माथुर को जांजगीर चांपा मोहित गर्ग को नारायणपुर गोवर्धन राम ठाकुर को बीजापुर और चैनदास टंडन को मुंगेली का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है माघी पुन्नी मेला माघ पूर्णिमा के मौके पर आज से राजिम के त्रिवेणी संगम पर माधी पुन्नी मेला शुरू हो रहा है इस मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मंहत और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू की उपस्थिति में किया जा रहा है कार्यक्रम में अनेक कैबिनेट मंत्रियों के अलावा आचार्य महामंडलेश्वर अग्नि पीठाधीश्वर रामकृष्णानंद भी उपस्थित हैं इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को श्रभकामनाएं दी हैं उन्होंने कुलेश्वर महादेव राजीव लोचन भगवान और राजिम भक्तिन माता से राज्य की सुख समुद्धि की कामना की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि यह मेला छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है श्री बघेल ने कहा कि इस मेले के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जाएगा इससे पहले राजिम के पुन्नी स्थल पर देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है सैकड़ों श्रद्वालुओं ने सुबह चार बजे से ही त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और नदी में दीप दान किया गौरतलब है कि इस मेले में संत समागम छब्बीस फरवरी से चार मार्च तक आयोजित किया जाएगा महानदी बच्ची डूबी इधर राजिम पुन्नी मेले में स्नान करने आई एक तीन साल की बच्ची की महानदी में डूबने से मौत हो गई

नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत इन आदिवासी बच्चों ने पहले दो दिन गांधी जी के विचारों पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया इसके बाद ये बच्चे स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में भी शामिल हए प्रवास के दौरान युवाओं को बताया गया कि कौशल विकास के माध्यम से वे स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं पंद्रह फरवरी से शुरू हुआ यह प्रवास आगामी इक्कीस फरवरी तक चलेगा